प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधी नगर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का श्भारंभ किया असंगठित वर्ग कामगारों और श्रमिकों के लिये इस राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस वर्ष फरवरी में आये आंतरिम बजट में की गई थी यह योजना साठ वर्ष की आय् के बाद असंगठित वग्र के कामगारों को तीन हजार रूपये मासिक पंशन देगी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना की श्रूआत पिछले पांच वर्षो में लागू की गई विभिन्न योजनाओं का विस्तार है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के लिये किफायती स्वास्थ्य और बीमा संरक्षण की व्यवस्था स्निश्चित की है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानो व श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिये वचनवदव है जबकि विपक्ष का एक मात्र एजेंडा इस सरकार को हटाने का है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले चार सालों से ऑन लाइन व्यवस्था से श्रम साधक व श्रमजीवी एंव गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहंचाया गया है मुख्यमंत्री आज पंचक्ला में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के वस्त्राल से देश भर में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सम्बोधित कर रहे थे

साथ् ही पंजीकरण कार्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए लिए रायप्र रानी व यम्नानगर के ब्डिया में कार्यरत बीएलई को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने म्ख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना लागू की है जिसके तहत परिवार को इकाई मानकर हर परिवार की यूनिक आई डी तैयार की जा रही है योजना का लाभ लेने के लिये हर परिवार को अपना एक सदस्य नामित करना होगा उन्होंने कहा कि श्रमिकों की तर्ज पर ही किसानों के लिये योजनायें आरंभ की गई जिसके तहत पांच एकड़ से कम भूमि के मासिक किसानों को पांच सौ रूपये यह महीना या छ हजार रूपये वार्षिक की दो दो हजार की तीन किश्त केन्द्र सरकार देगी

बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्मंत्री ने स्पष्ट किया विधानसभ को भंग करने की सिफारिश नहीं की जा रही है और विधानसभा च्नाव समय पर ही करवाये जायेंगे हरियाणा में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी कामधन योजना आज सभी जिलों में एक साथ श्रू हो गई है भिवानी में योजना की श्रूआत होने पर सैकड़ो लोगों से आवेदन भरवाये गये और पहले से आवेदन कर चुके लाभर्थियों को भिवानी से सांसद धर्मबीर सिंह व विधायक घनश्याम सर्राफ ने योजना कार्ड भेंट किये करनाल में खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कम्बोज की उपस्थित में लोगों को योजना बारे जागरूकता करने के लिये जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ श्रमिकों को योजना बारे बताया गया और नाम दर्ज करवाने वाले श्रमिकों को मंत्री द्वारा पेंशन योजना कार्ड दिये गये मंत्री ने कहा कि योजना से ज्इने के लिये श्रमिक ऑन लाइन भी पंजीकरण करवा सकते है

उन्होंने कहा कि ये योजना श्रमिकों के लिये बुढ़ापे में मददगार साबित होगी उनहें अपने जीवन यापप के लिये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खेल ढाबे रहेड़ी पर काम करने वाला श्रमिक रिक्शा चलाने वाला व मोची तथा कारीगार सभी को इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा दी गई है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के समय में बड़ा बदलाव आया है और उन्नीस सौ नवासी में बाद पहली बनी स्थायी सरकार ने लोगों की सोच को आगे बढ़ाया है

जन धन योजना के तहत खोले गये सतहतर प्रतिशत खाते चल रहे है और इनमें चौरासी हजार करोड़ रूपये जमा हये है उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन खातों में ही दिया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को भविष्य की क्रांतिकारी योजना बताते हये उन्होंने कहा कि आज गरीब की भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है

एक प्रश्न के उत्तर में श्री राठौर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत श्रू नहीं होगी जबतक आंतकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता

सोनीपत दिल्ली मार्गपर आज स्बह एक वैन और बाइक की टक्कर में दो य्वकों की मौत हो गई और एक य्वक गंभीर रूप से घायल हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि टक्कर होते ही युवक सड़क के साथ गुजरती एक नहर में बह गया जिसका शव दोपहर बाद बिदंरोली के पास मिला दोनों य्वकों को त्रंत अस्पताल पहंचाया गया जहां डाक्टरों ने एक य्वका को मृत घोषित कर दिया